अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़कों पुलों और अन्य परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए है शिमला से आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विभाग की एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में देरी और गुणवत्ता में लापरवाही को बर्दाशत नहीं किया जाएगा

उन्होंने कहा कि विभाग ने जो लक्ष्य तय किए हैं उन्हें निर्धारित समय में पूरा किया जाना चाहिए ताकि लोगों को लाभ मिल सकें मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बेहतर संचालन में मंडी ज़िले को देशभर में अव्वल रहने और राज्य में सड़क निर्माण को लेकर दूसरे स्थान पर आने के लिए विभाग के अधिकारियों को बधाई दी बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त व कोरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया ने भारत की ताकत का लोहा माना है और कोरोना संकट के दौरान केंद्र सरकार ने प्रत्येक वर्ग को राहत पहुंचाने का प्रयास किया है

इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने अपने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर की उपस्थिति में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ केक भी काटा रक्तदान केंद्रीय वित्त व कोरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भाजपा युवा मोर्चा ने हमीरपुर जिले के अवाहदेवी में एक रक्तदान शिविर लगाया जिसमें करीब डेढ़ सौ लोगों ने रक्तदान किया ज़िला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने अनुराग ठाकुर को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र व प्रदेश के विकास में वे अहम भूमिका निभा रहे हैं इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाक़र सहित अन्य नेताओं ने अनुराग ठाकुर को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है नड्डा ने अनुराग ठाकुर के स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए कहा कि वित्त राज्य मंत्री के रूप में वे देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं जयराम ठाक्र ने भी उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घआयु की कामना की है राजेंद्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि प्रत्येक घर को नल और नल में जल पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है

इस मौके पर राजेंद्र गर्ग ने जनसुनवाई भी की

हमीरपुर ज़िले के सलासी में कल देर शाम केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ पंचायत संसाधन केंद्र के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांव के विकास पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है और ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना अनिवार्य है वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पश्ओं की टैगिंग को लेकर भी सरकार जल्द कानून बनाने जा रही है उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति टैगिंग के साथ छेड़छाड़ करेगा या पशुओं को बेसहारा छोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

संजय कुंडु राज्य में अवैध खनन की समस्या से निपटने के लिए पुलिस ने ड्रोन सिस्टम शुरू करने की योजना बनाई है और प्रत्येक ज़िले में इसकी मदद से अवैध खनन पर नज़र रखी जाएगी पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने आज धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि ड्रोन के माध्यम से मंदिरों में भी नज़र रखी जाएगी उन्होंने कहा कि कुल्लू की तर्ज पर इंटैलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा

ये पर्व ब्राई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दशहरे की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है राज्यपाल ने कहा कि ये पर्व हमे बुराई से दूर रहने और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्रीराम के आदर्श आज भी प्रासंगिक है और हमें उनका अनुसरण करना चाहिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर सहित अन्य नेताओं ने भी विजय दशमी की शुभकामनाएं दी हैं इस बीच सात दिन तक चलने वाला कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव भी कल से शुरू हो रहा है दशहरे की परम्पराओं का निर्वहन करने को लेकर सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने बताया कि भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ दशहरा उत्सव शुरू होगा और कोरोना महामारी के चलते इस बार सीमित संख्या में ही लोग रथ यात्रा में भाग लेंगे उन्होंने कहा कि उत्सव में अधिक संख्या में लोगों की भीड़ पर प्रतिबंध रहेगा उन्होंने कहा कि फेसब्रक व यूट्यूब पर अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का सीधा प्रसारण किया जाएगा शिमला उपायुक्त त्यौहारों के चलते शिमला नगर निगम क्षेत्र में सभी दकाने रविवार को खुली रहेंगी

उन्होंने बताया कि दुकानों में काम करने वाले श्रमिकों को कानून के तहत साप्ताहिक छुट्टी और अन्य लाभ देना आवश्यक होगा